आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिराज क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से भी लोगों को जागरूक करने पर बल दिया जयराम ठाकुर ने बताया कि सरकार कृषि उत्पादों को बाज़ार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित बना रही है

मंगलवार को सरकाघाट क्षेत्र के एक युवक की कोरोना से मौत के बाद उसकी माता में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है शिमला स्थित आईजीएमसी में महिला की टैस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने का खुलासा हुआ है अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने मामले की जानकारी दी है

ये सुरक्षा सामग्री प्रदेश के कोरोना योद्वाओं को आबंटित की जाएगी अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूरी दुनिया इस समय कोरोना संकट से जूझ रही है और हर कोई अपने अपने स्तर पर एक दूसरे की मदद के लिए प्रयासरत्त है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संकट की इस घड़ी में सबको एक समान मानते हुए आपदा से निपटने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए हैं अनुराग ठाकुर ने कहा कि सामाजिक दूरी का पालन और मास्क को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर ही हम कोरोना के खिलाफ इस जंग में योगदान दे सकते हैं

इस वर्ष मार्च में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा घोषित इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को खाद्यान्न और नकद राशि दी जा रही है केंद्र और राज्य सरकारें लगातार इस कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना में अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि रैडजोन से ऊना ज़िले में आने वाले लोगों के टैस्ट करने के लिए ईएसआईसी अस्पताल मैहतपुर में व्यवस्था की गई है उन्होंने कहा कि टैस्ट की रिपोर्ट नैगेटिव आने के बाद ही लोगों को घर भेजा जाएगा और इसके बाद उन्हें होम क्वारंटीन में रहना होगा इस दौरान पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि ज़िला प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम के लिए अब तक बेहतर ढंग से कार्य किया है

पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ज़िला प्रशासन और आम लोगों के सहयोग से इस महामारी को सफलतापूर्वक हराया जाएगा सैजल ने कहा कि कोरोना जैसे संक्रामक रोगों से बचाव के लिए दिनचर्या में कुछ बदलाव के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना भी ज़रूरी है भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राजधानी शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निवास हॉलीलॉज के समीप बीती रात ढारों में लगी आग प्रभावित परिवारों का आज हालचाल जाना उन्होंने प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता मुहैया करवाने के निर्देश दिए इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कुशलक्षेम भी पूछा

सरकार व गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से चल रहे इन शिविरों की प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा निगरानी की जा रही है

सम्मान कोरोना संक्रमण के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्वाओं को विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चम्बा में सम्मानित किया इस अवसर पर हंसराज ने बताया कि कोरोना योद्वाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है